राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल शक्ति अभियान को सफल बनाने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश खुले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है

राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान में स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा नामांकन प्रदेश के धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपच्नाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन आज किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दााखिल नहीं किया है सिरमौर के ज़िला निर्वाचन अधिकारी आरके परूथी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आर्दश चुनाव आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों को चूनाव प्रचार के लिए प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग न करने की सलाह भी दी

तीन अक्तूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकते हैं

भूकम्प का केंद्र भारत और पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र बताया जा रहा है भूकम्प से किसी तरह के जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है

मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक सामाजिक दायित्व के साथ साथ मीडिया की बेहद महत्वपूर्ण भमिका है शिमला में आज रिपोर्टिंग फॉम अ ग्लोबल हॉट स्पॉट विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही मुख्य सचिव ने पर्यावरण व विकास में संतुलन पैदा कर देश और प्रदेश को सत्त विकास की ओर अग्रसर करने पर बल दिया श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाकर खाद्य सुरक्षा के संबंध में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रीक वाहनों का प्रयोग और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जा रहे हैं श्रीकांत बाल्दी ने सामाजिक सरोकार व जनता के मुद्दों को सकारात्मक रूप से उठाने और सरकार व अधिकारियों तक इनकी जानकारी पहुंचाने के लिए पत्रकारों की सराहना भी की अभियान भारतीय सांस्कृतिक निधि ने चम्बा जिला की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया है इसी कड़ी में भारतीय सांस्कृतिक निधि और भूरी सिंह संग्रहालय चम्बा के सौजन्य से आज हमारी धरोहर हमारा स्वाभिमान विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया अभियान के तहत स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थियों सहित स्थानीय लोगों को भी प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है

शिमला में आज कांग्रेस की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी में पार्टी का अहम योगदान रहा है जैनब चंदेल ने उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए महिला कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी नीतू वर्मा सोईन ने कार्यकर्ताओं से निष्ठा से कार्य करने की अपील की इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे

प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने आज शिमला में यूको बैंक की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ये जानकारी दी

प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में डीबीटी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और राज्य के डीबीटी पोर्टल को भारत डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैंक सराहनीय कार्य कर रहे हैं

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सड़क दर्घटनाओं व इनसे होने वाली मृत्यू दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने पर बल दिया है वे आज शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोटमोर में सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सड़क सुरक्षा को विद्यालय में पाठयक्रम के रूप में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों को व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए सभी संबद्ध विभाग भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं

गोविंद युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव सहायता दे रही है

गोविंद ठाकर ने कहा कि खेल मनुष्य को शारीरिक व मानसिक तौर पर तरोताजा रखते हैं उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि लड़कियां खेल सहित हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं गोविंद ठाकुर ने जंजैहली स्कूल में टेबल टेनिस कोर्ट और बॅक्सिंग रिंक बनाने की घोषणा भी की उन्होंने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया

इस बीच गोविंद ठाकुर ने गोहर उपमण्डल के जिला स्तरीय नलवाड़ मेले ख्योड़ के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की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

हिंदी पखवाड़ा लाहौल स्पिति जिला भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा आज हिंदी पखवाड़े के तहत स्कूली बच्चों के लिए भाषण निबंध और नारा लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई इस अवसर पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अधिकारी स्मृतिका नेगी ने विद्यार्थियों से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का आहवान किया उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के तहत प्लास्टिक का उपयोग न करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर भी बल दिया

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर भी मौजूद रहेंगे

कोर्ट राज्य महिला आयोग द्वारा आज सोलन में एक दिवसीय कैम्प कोर्ट लगाया गया